कुषि मदद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों को परेशानी से छटकारा दिलाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की योजना के जरिये राज्यों की मदद करेगी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शोरगुल के बीच प्याज और आलू उगाने वाले किसानों की दुर्दशा को लेकर कुछ सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार से पूरे देश के किसानों के कर्ज माफ करने की मांग की है संसद से बाहर मीडिया से बात करते हुये श्री गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने किसानों का कर्ज माफ करने की शुरूआत कर दी है अतिथि शिक्षक प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है चुनाव की वजह से नियुक्ति पर न्यायालय से लगी रोक हटने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने नियुक्ति प्रकिया को पूरा करने के निर्देश जारी कर दिये हैं

कर्ज माफी भाजपा मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जारी किए गए कर्ज माफी के आदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है

ऐसे में कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ की सरकार किसानों को गुमराह कर रही है बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयंत मलैया ने यह भी जानकारी दी कि बीजेपी सरकार के दौरान एफआरबीएम एक्ट का पालन करते हुए ही कर्ज लिया गया था इस दौरान उन्होंने भाजपा की वित्तीय उपलब्धियों को भी गिनाया

श्री सलूजा ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में किसानों को छला गया लेकिन श्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही अपने वादे को पूरा करते हुआ उनका कर्ज माफ कर दिया उन्होंने भाजपा पर सिर्फ बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री के कर्ज माफी के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि श्री नाथ ने दस दिन की जगह यह महत्वपूर्ण निर्णय दस घंटे से भी कम वक्त में ले लिया एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुये श्री सिंह ने श्री नाथ को बुलडोजर कहकर संबोधित किया कमलनाथ मुलाकात मुख्यमंत्री कमलनाथ से किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आज मंत्रालय में मुलाकात की किसानों ने कर्ज माफी के निर्णय के लिये मुख्यमंत्री श्री नाथ के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त किया विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया इस अवसर पर अन्य जन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे बालरंग भोपाल में कल से राष्ट्रीय बालरंग शुरू हो रहा है

लोक नृत्य प्रतियोगिता में जो संभाग प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वह मध्यप्रदेश की ओर से राष्ट्रीय बालरंग प्रतियोगिता में लोक नृत्य की प्रस्तृति देगा साथ ही मध्यप्रदेश के डेढ़ सौ स्काउट गाइड भी बालरंग में भाग लेंगे समारोह में बच्चों के लिये कॅरियर कांउसलिंग की व्यवस्था भी की जायेगी

यह यात्रा दो दिन तक भोपाल में ठहरेगी

सुबह आठ बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम ईट राइट फूड मेला रवीन्द्र भवन में लगाया जायेगा

जो सांची तक जायेगी

इस महोत्सव का विशेष आकर्षण विभिन्न प्रकार के जनजातीय व्यंजन होंगे जो कि अलग अलग राज्यों के जनजातीय रसोईयों द्वारा ही बनाये जायेंगे प्रत्येक दिन शाम को जनजातीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे यह महोत्सव एक तरह से जनजातीय कला संस्कृति खान पान और व्यापार का महाकुंभ होगा मौसम प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ तीव्र चक्रवाती तूफान पेत्थाई के प्रभाव के चलते पूर्वी मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट नरसिंहपुर जबलपुर मंडला डिंडौरी कटनी उमरिया शहडोल और अनूनपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है वहीं ग्वालियर और चंबल संभागों में आने वाले जिलों के साथ ही पन्ना सतना छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में कहीं कहीं देर रात से सुबह के समय तक कोहरे के आसार हैं

हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में जनजीवन प्रभावित है वहीं कल दिन में जहां हल्की ब्रंदाबादी हुई वहीं शाम को झमाझम बारिश हुई सतना में भी ठंड अचानक बढ़ने से सड़को पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं शीतलहर के चलते स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है मौसम विभाग ने सागर संभाग में आने वाले जिलों के अलावा दतिया शिवपुरी ग्वालियर और अशोकनगर जिले में शीतलहर की चेतावनी दी है

इस संबंध में आज पन्ना कलेक्टर ने जानकारी दी

इन आयु वर्गो में साढ़े सात लाख बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है